यह कटौती इन दोनों ईंधनों की कीमतों में केंद्र की ओर से की गई ढाई रुपये प्रति लीटर की कटौती के अलावा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गोआ हिमाचल प्रदेश और असम में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब पांच रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल लोगों को राहत देते हुए ईंधन की कीमतों में कटौती की घोषणा की थी श्री जेटली ने कहा कि सरकार सभी राज्यों को पत्र लिखकर पेट्रोल और डीजल पर अपने टैक्स में कटौती करने के लिए कहेगी श्री जेटली ने आशा व्यक्त की है कि अन्य राज्य सरकारें भी केंद्र की तर्ज पर ईंधन पर राज्य स्तरीय कर घटाएंगी

तेल आयात कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पेट्रो रसायन क्षेत्र में अपार संभावनाए हैं और तेल आयात करने की बजाय प्रदूषण मुक्त किफायती और स्वदेशी ईंधन का उपयोग करने की आवश्यकता है

इनर्मे प्रमुख समन्वय समिति में राष्ट्रीय सचिव अशोक गहलोत चूनाव समिति में प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और प्रचार समिति में सांसद रघू शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री सी पी जोशी को प्रचार और प्रकाशन समिति में अध्यक्ष बनाया गया है घोषण पत्र समिति में हरीश चौघरी परिवहन और आवास समिति में परसादी लाल मीणा मीडिया और संपर्क समिति में गोविन्द सिंह डोटासरा प्रोटोकॉल समिति में रेहाना रियाज़ और अनुशासन समिति में मास्टर भंवर लाल मेघवाल चेयरमैन बनाये गये है रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रूपए की कीमत में कमजोरी के कारण नीतिगत दरों में बढ़ोत्तरी की जा सकती है रिजर्व बैंक यदि आज मुख्य नीतिगत दरों में वृद्धि करता है तो यह लगातार तीसरी बार वृद्धि होगी

गौरतलब है कि कर्नल राठौड सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज फूलेरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे है इन स्थानों पर वे विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

उदयपुर के सांसद अर्जुनलाल मीणा और चित्तौडगढ के सांसद सीपीजोशी इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगें ये ट्रेन उदयपुर को मिलने वाली तीसरी हमसफर ट्रेन हैं इससे पहले उदयपुर मैसूर और उदयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला हमसफर रेल प्राप्त हो चुकी हैं

एएनएम ने परिवादी से उप स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव कराने और जच्चा बच्चा कार्ड देने की एवज में एक हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी

इसमें भारतीय शास्त्रों में आध्यात्म विषय पर प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान होंगे